राष्ट्रीय समारोह दिल्ली के लाल किले पर आयोजित हुआ जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरंगा फहराया लाल किले के प्राचीर से लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और आज मनाए जा रहे रक्षा बंधन पर्व की बधाई दी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले सभी बलदानियों को आदर पूर्वक नमन करता हूं उन्होंने कहा कि उन सभी बलदानियों को भी नमन है जिन्होंने आजाद भारत के विकास समृद्धि व शांति के लिए योगदान दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सरकार के दस हफ्ते के कार्यकाल में सभी क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नागरिकों का कष्ट कैसे दूर हो उसके लिए प्रयास लगातार जारी है इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन को शुरू करने की घोषणा भी की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन पर साढे तीन लाख करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर सामाजिक जागरूकता लाने पर भी बल दिया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तिरंगा फहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में मौजूद रहेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर प्रदेशभर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और राज्य के सभी प्रवेश द्वारों पर आने जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है

जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य तिरंगा फहराकर परेड की सलामी लेंगे रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम व अट्ट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना कर रही हैं इस बीच राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पवित्र पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है अनिल शर्मा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पूर्व मंत्री अनिल शर्मा की विधानसभा में वरिष्ठता के हिसाब से बैठने का स्थान तय कर दिया गया है उन्होंने कहा कि कई अन्य सदस्यों के बैठने के स्थान में परिवर्तन हुआ है क्योंकि दो सदस्य किशन कपूर और सुरेश कश्यप अब सांसद बन गए हैं एक सवाल के जवाब में बिंदल ने कहा कि अनिल शर्मा को भी अन्य विधायकों की तरह एमएलए हॉस्टल में दो सैट दिए जाएंगे हालांकि दूसरा सैट उपलब्ध होने की रिथति में ही मुहैया करवाया जाएगा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

दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल पुलिस के तीन अफसरों को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक अमर उजाला के शब्द हैं आतंकियों को ढेर करने वाले ऊना के ब्रिजेश को शौर्य चक़ तीन इंस्पेक्टरों को पुलिस मेडल जबकि हिमाचल दस्तक का कहना है रिज पर तिरंगा फहराएंगे जयराम

पुलिस परीक्षा फर्जीवाड़े से जुड़ी खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है तीन और गिरफ्तारियां दर्जनों युवाओं को भर्ती करवा चुका ज्वाली का मास्टरमाइंड ब्रिकम जेईई व नीट परीक्षाओं में भी कर चुका है फर्जीवाड़ा सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा बद्दी का ड्रग इंस्पेक्टर शीर्षक से खबर को दैनिक जागरण व पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर की एक खबर है अब राजनीतिक दबाब में पास नहीं होगी सड़क तय होगी अधिकारियों की जिम्मेदारी